राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ कल ह्यूस्टन में भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित प्रधानमंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने कई चुनौतियां जिनसे निपटने के लिए वैश्विक दृढ़ संकल्प जरूरी केन्द्र सरकार ने स्वदेशी निवेशकों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर लगभग पैंतिस प्रतिशत से घटाकर करीब पच्चीस प्रतिशत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से है अत्यन्त समृद्ध प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सयुंक्त राष्ट्र महासभा बैठक और कई अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कल रात अमरीका की सात दिन की यात्रा पर रवाना हुए इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक की टीम गरीबी उन्मूलन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई और समावेशन के लिए बहप्कीय प्रयास तेज करने पर आधारित है प्रधानमंत्री ने रवाना होने से पूर्व अपने वक्तव्य में बहपक्षीय एकजुटता को और अधिक प्रभावकारी तथा समावेशी बनाने की भारत की प्रतिबद्वता दुहराई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ऐसी कई चुनौनियां हैं जिनका सामना सभी देशों को मिलकर करना होगा अमरीका यात्रा से पहले जारी वक्तव्य में उन्होंने कहा कि भारत अमरीका ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी यात्रा के दौरान वे द्यूस्टन में वहां की बड़ी ऊर्जा कंपनियों के प्रमुखों के साथ बातचीत करेंगे उन्होंने कहा कि वे अमरीका के भारतीय समुदाय से मुलाकात की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि द्यूस्टन में आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण घटना होगी भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम में अमरीकी राष्ट्रपति के भाग लेने की यह पहली घटना होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान वे संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे श्री मोदी ने कहा कि तेईस सितम्बर को जलवायू शिखर बैठक में वे जलवायू परिवर्तन का मुकाबला करने में भारत के अभियान का उल्लेख करेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को स्वास्थ्य सुविवाओं से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में आयुष्मान भारत समेत देश की कई पहल का उल्लेख करेंगे श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के संबंध में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि वे ह्यूस्टन और न्यूयॉर्क में अमरीकी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर एक शांतिपूर्ण स्थिर और सतत विकासशील विश्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के जरिए स्वच्छता क्षेत्र में उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक सप्ताह की अमरीका यात्रा के दौरान भारत अमरीका व्यापार को विस्तार देने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा दोनों देशों के व्यापार में ह्यस्टन की अहम भागीदारी है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों का व्यापार बढ़ेगा और भारत में अमरीकी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा से पहले केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों को अपना द्विपक्षीय व्यापार लगभग एक सौ पचास अरब डॉलर से बढ़ाकर पांच सौ अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखना चाहिए केन्द्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कुछ और उपायों की घोषणा की है केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि स्वदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कमी की गई है

इस क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया में कर की तुलना में यह सबसे कम दर होगी वित्त मंत्री ने पणजी में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब घरेलू कम्पनियों के लिए कुल कॉरपोरेट कर पच्चीस दशमलव एक सात प्रतिशत होगा जिसमें सरचार्ज और शुल्क शामिल है पहले यह दर पैंतीस प्रतिशत थी उत्पादन करने वाली नई कम्पनियों के लिए कुल कॉरपोरेट कर सत्रह दशमलव शून्य एक प्रतिशत होगा नई कंपनियों के मामले में यह सुविधा उन कंपनियों को मिलेगी जो अगले महीने या उसके बाद स्थापित होंगी और जो इक्कतीस मार्च दो हजार तेईस तक उत्पादन शुरू कर देंगी वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व सीएसआर पर दो प्रतिशत व्यय का दायरा बढ़ाने का भी फैसला किया है अब इस राशि को विज्ञान प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी और आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले संगठनों पर भी खर्च किया जा सकेगा लेकिन इसमें शर्त यह होगी कि इन संगठनों को सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों विभिन्न शिक्षण संस्थानों या स्वशासी संगठनों से अनुदान मिलता हो अनुमान है कि कॉरपोरेट कर में कटौती और अन्य राहत उपायों के चलते सरकार के राजस्व में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये की कमी आएगी प्रधानमंत्री ने निगमित करों में कटौती के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐहतिहासिक बताया है नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इस फैसले से मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा विश्व भर से निजी निवेश बढ़ेगा निजी क्षेत्र में सर्घा बढ़ेगी रोजगार पैदा होंगे और देश के एक सौ तीस करोड़ नागरिकों को भरपूर लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्व है यहां ऐतिहासिक धरोहरें धार्मिक स्थल और अभ्यारण्य पर्यटकों को बड़ी संख्या में आकर्षित करते हैं सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कार्य कर रही है इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सुजन किया जा सकता है श्री योगी कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश विकास संवाद दो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पूर्व में पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिये गंभीरता पूर्वक कोई प्रयास नहीं किया गया उन्होंने कहा कि राज्य में प्रयागराज कुंग दो हजार उन्नीस स्वच्छता सुविधा सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से एक सफल आयोजन रहा जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में तीर्थाटन और पर्यटन को नये कलेवर में प्रस्तुत करना होगा तभी पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्मातओं से कहा कि उन्हें सरकार द्वारा घोषित कर प्रोत्साहन का पूरा लाभ उठाना चाहिए उन्होंने कहा कि हाल के उपायों से भारत को विनिर्माण केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने की सरकार की प्रतिबद्वता प्रदर्शित होती है उन्होंने कहा ये मेक इन इंडिया के लिए व्रस्टर है जो सबसे अच्छी बात लगी है सी एस आर फंड का एप्रोपिरेट यूज ट्र परसेंट ऑफ फंड केन बी स्पेन्ट ऑन इक्यूवेटर्स फण्डेड बाई सेंट्रल स्टेट गवर्मेट्स और चाहे वो पक्लिक फण्डेड यूनिवर्सिटी हो स्टेट गवर्मेट हो आई आई टी हो ऑटोनोमस बॉडी हो जिसमें नीति के बॉडी को ये फण्डिंग का स्कोप दिया गया है तो मेक इन इंडिया के लिए इससे बढिया गिफ्ट नहीं हो सकता था पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को दुष्कर्म के एक मामले में कल सुबह विशेष जांच दल और स्थानीय पुलिस ने शाहंजहापुर जिले में गिरफ्तार कर लिया बाद में उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया जिसने चिन्मयानंद को चौदह दिन की न्यायायिक रिमांड पर भेज दिया न्यायालय में पेश करने से पहले चिन्मयानंद का मेडिकल चेक अप भी कराया गया विधि पाठ्यक्रम की एक छात्रा ने चिन्मयानंद पर दुष्कर्म और उत्पीडन का आरोप लगाया है न्यायालय द्वारा गठित विशेष जांच दल मामले की जांच कर रहा है पीड़िता के मित्र संजय सिंह और उसके दो साथियों को भी चार दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया उन पर स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर धन मांगने का आरोप है उच्चतम न्यायालय ने कल फैसला किया कि राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवादित भूमि के मामले की सुनवाई अगले सोमवार से एक घंटा प्रतिदिन बढ़ाई जाएगी इस मामले की सुनवाई अट्ठारह अक्टूबर से पहले पूरी करने की समय सीमा तय की है एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया नये वायुसेना अध्यक्ष हॉगे वह इस महीने की तीस तारीख को सेवानिवृत्त होने वाले एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ का स्थान लेंगे एयर मार्शल भदौरिया इस समय उप वायुसेना प्रमुख हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त श्री भदौरिया को भारतीय वायू सेना में जून उन्नीस सौ अस्सी में कमीशन मिला था अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने सर्वेच्च स्थान हासिल किया था